सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्यंस का काम क्छ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था

इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेन्द्र कूमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके इसके लिए पिछले दो सातों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्यंस मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले का स्वागत किया है एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की सदैव जीत होती है लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भी विशेष अदालत के फैसले का हार्दिक स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है हाथरस में सामूहिक दृष्कर्म पीडि़ता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस घटना के सभी चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई त्वरित न्यायालय में की जाएगी मुख्यमंत्री ने हाथरस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यों के विशेष जांच दल के गठन का भी निर्देश दिया है इसकी अध्यक्षता राज्य के गृहसचिव भगवान स्वरूप करेंगे और इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश तथा पीएसी में सेनानायक अग्रा पूनम शामिल होंगी ये दल सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा इस बीच राज्य पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि पीडिता का अंतिम संस्कार परिजनों की सहमति के बिना किया गया पीडित लड़की के साथ चौदह सितम्बर को हाथरस जिले में चंदपा थाने के अंतर्गत एक गांव में चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था उसे पहले अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन हालत बिगड़ने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया पन्द्रह दिन बाद कल उसने दम तोड़ दिया उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड नाइन्टीन महामारी और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ को देखते हए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इन्कार कर दिया है

न्यायमूर्ति ए एमखानविल्कर न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुसरी ने केन्द्र से ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने को कहा है जो महामारी के कारण पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए न्यायालय ने संघ लोकसेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा दो हजार बीस और दो हजार इक्कीस की परीक्षाएं एक साथ करने की याचिका भी खारिज कर दी है न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा दो से तीन महीनों के लिए स्थगित कर दी जाए ताकि तब तक लगातार वर्षा और कोविड नाइन्टीन की स्थिति से राहत मिल सके देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड नाइन्टीन से अस्सी हजार चार सौ बहत्तर लोगों के संक्रमित होने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बासठ लाख से ज्यादा हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ लोगों की संख्या इक्यावन लाख सत्तासी हजार आठ सौ पच्चीस होने के साथ ठीक होने की दर तिरासी दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गई है कोविड नाइन्टीन से क्ल संक्रमित लोगों की संख्या बासठ लाख पच्चीस हजार सात सौ तिरसठ हो गई है जबकि इस संक्रमण से एक दिन में एक हजार एक सौ उन्यासी लोगों की मौत हुई है मृतकों की कुल संख्या सत्तानवे हजार चार सौ सत्तानवे हो गई है वर्तमान में देश में कोरोना के नौ लाख चालीस हजार चार सौ इकतालिस सक्रिय मामले हैं